भाजपा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया

पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघ् अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूल धन के जल्द भूगतान की शर्त पर दिया जाएगा श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी लघु और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सभी छोटे दुकानदारों पर भी लागू होगी उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा सौहार्दपूर्ण माहौल में जितनी जल्दी संभव हो मंदिर निर्माण की नई संभावनाओं का पता लगाएगी प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणापत्र समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है

श्री मोदी ने कहा कि पार्टी देश को समृद्ध बनाने के लिए एक उद्देश्य और एक दिशा के साथ आगे बढ़ेगी कांग्रेस ऑन घोषणापत्र कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढ़ावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा देना चाहिए संकल्प पत्र रिएक्शन भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र जनता हाथों हाथ लेगी वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को छल पत्र बताया है पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नोटबन्दी और जीएसटी से देश को क्या लाभ हुआ उस पर कोई आंकड़ा भाजपा ने पेश नहीं किया है टीपीएस रावत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीपीएस रावत ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने वन रैंक वन पेंशन की आड़ में सैनिकों के साथ छल किया है

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है

याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है मतदाता संख्या चमोली चमोली जिले में ऐसे पांच मतदेय स्थल हैं जहां मतदाताओं की संख्या सौ से भी कम है

उन्होंने बताया कि जहां संचार व्यवस्था नहीं है वहां सुचना भेजने के लिए इन पार्टियों को सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट उपलब्ध कराये गए हैं रुद्रप्रयाग जिले में पोलिंग पार्टियों की रवानगी कल और परसों की जाएगी जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने बताया कि कल केदारनाथ विधानसभा की आठ और रुद्रप्रयाग विधानसभा की दो पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा बाकी पोलिंग पार्टियों की रवानगी परसों होगी

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड के गांवों में भाजपा नेता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने चुनाव जनसभाएं कीं टिहरी लोकसभा क्षेत्र के तहत विकासनगर और सहसपुर के हिमाचल मूल के गांवों में पहुंचे श्री ठाकुर ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताईं उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना किसान सम्मान निधि और आयुष्मान योजना जैसी विभिन्न योजनाए हैं जिनका सीधा लाभ देश की आम जनता को मिला है उधर अल्मोड़ा में आज एक चुनावी सभा में यहां से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी होगी अल्मोड़ा की चुनाव रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आना था लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंच पायीं माकपा प्रचार माकपा के उम्मीदवार कॉमरेड राजेन्द्र पुरोहित के समर्थन में देहरादून कैन्ट राजपुर रोड मसूरी और रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई और बैठकों का आयोजन किया गया कॉमरेड पुरोहित ने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वंशवाद का प्रतीक बताते हुए दोनों दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया मतदाताओं को मनाया बागेश्वर जिले में कपकोट के पांच दुर्गम गांवों के मतदाताओं को स्वीप की टीम ने मतदान करने के लिए राजी कर लिया है तीन दौर की बातचीत के बाद क्षेत्र के ढाई हजार मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है गौरतलब है कि शामा क्षेत्र के गांव रातिरकेटी मल्खार्ड्र्गचा कीमू गोगिना और हाम्टीकापड़ी के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर स्वीप की टीम ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की और मतदान करने के लिए मना लिया

इस दौरान किसी भी प्रकार की आवाजाही प्ररी तरह बंद रहेगी यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने बताया कि कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया

मौसम प्रदेश में अधिकतर जगह मौसम आज सुबह से ही बदला हुआ है राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई चमोली जिले ऊँचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई बागेश्वर की कपकोट तहसील में भी जमकर ओलावृष्टि हुई पिर्थोरागढ़ में लगातार बारिश और ओलावृष्टि से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है अल्मोड़ा में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के बाद हल्की बारिश हुई जबकि नैनीताल में दोपहर बाद तेज बारिश हुई